दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झौंक रखी है

उर्जा मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने कल इस एप को लांन्च किया डॉ कल्ला ने इस अवसर पर कहा कि इस एप के माध्यम से विजिलेंस की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और छीजत को कम करने में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की अपने ट्वीट में श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान केसरी के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया उनका जीवन और कृतित्व हमेशा प्रेरणा देता रहेगा

हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि जिले में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया श्रद्वालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख समृद्वि की कामना की

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं

मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम तापमान एक डिग्री सैल्सियस माउंट आबू में दर्ज किया गया